इसमें उना शिमला कांगड़ा और हमीरपुर जिला में कोरोना संक्रमण के नए मामले पाये गए है

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी मूलतः चौपाल तहसील के रहने वाले जिन्हें देहा के संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया था

इस बीच हमीरपुर जिले से संबंधित कोरोना पॉजिटिव बुर्जग महिला का कल रात आईजीएमजी शिमला में निधन हो गया

सरकार के एक प्रवक्ता द्वारा जारी सूचना के अनुसार राज्य की सीमाओं की कोई सीलिंग नहीं होगी और लोगों की आवाजाही जारी रहेंगी हालांकि सभी व्यक्तियों और वाहनों के अंतरराज्जीय आवागमन के लिए मौजूदा व्यवस्था के अनुसार पास की आवश्यकता होगी प्रदेश सरकार ने लोगों से आहवान किया है कि वे इस प्रकार की अफवाहों से न घबरायें क्योंकि राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं हैं

प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

हिमाचल आने वाले जिन भी लोगों के ई पास मंजूर होंगे उनकी जानकारी अब सीधे संबंधित पंचायत के प्रधानों को एसएमएस के माध्यम से तुरंत उपलब्ध करवाई जायेगी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पंचायत प्रधानों के फोन नम्बर ई पास सेवा के साथ जोड़ दिये हैं इससे पंचायत प्रधान को सबंधित व्यक्ति को क्वांरटीन करने में मदद मिलेगी आज समाचार पत्रों ने कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

स्वास्थ्य निदेशालय में कोविड उपकरण घोटाले से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है विजीलैंस ने आरोपी डॉ गुप्ता के दो मोबाईल जब्त किए वहीं अमर उजाला के शब्द हैं गुप्ता की पत्नी आई सामने कहा पति को बनाया मोहरा बाहर से लौटने वालों के लिए बिना पास एंट्री शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है प्रदेश में प्रवेश करने के लिए ट्रेन टिकट और एयर टिकट ही काफी